भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय क्रमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए

दो विधायकों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया प्रदेश में कोविड उन्नीस के सात सौ तिरेसठ नये मामलों की पुष्टि

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विधानसभा में चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि श्री सिन्हा के समर्थन में एक सौ छब्बीस वोट पड़े जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को एक सौ चौदह मत प्राप्त हुए दो सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया जबकि जीतन राम मांझी अस्थायी अध्यक्ष रहने के कारण मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया विपक्ष ने मत विभाजन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दो अन्य मंत्रियों की सदन में उपस्थिति को लेकर आपत्ति जतायी विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष के तीनों लोग विधानसभा के सदस्य नहीं हैं

यह मांग अस्वीकृत होने के बाद विपक्ष के सदस्य शोर मचाते हुए सदन के बीचोबीच आ गये और हंगामा करने लगे इसके चलते कार्यवाहक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सदन की कार्यवाही को पांच मिनट के लिये स्थगित कर दिया बाद में मत विभाजन का परिणाम घोषित किया गया

वहीं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दल के नेता जीतन राम मांझी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सीपीआई माले के नेता महबूब आलम ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनांए दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जन प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गुजरात के केवडिया में आज पीठासीन अधिकारियों के अस्सीवें अखिल भारतीय दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें साउंड बाईट आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार है उन पर देशवासियों की नियती के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं आकांक्वाओं और जागरूकता में लगातार बढोत्तरी हइ है इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका और जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे साउंड बाईट अमी तक समी माननीय अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को ऊपर उठाने का काम किया है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सदन की कार्रवाई चलाते समय बिना किसी पक्ष विपक्ष के सबको साथ लेकर सदन चलाए

हर सत्र में हमने हमारी उत्पादकता को बढ़ाई है हमारी प्रोडक्टविटी ठीक करी है हमने प्रोसिजर भी ठीक किए हैं इस सम्मेलन का विषय है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्द्रपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कुंजी

केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों को स्थिति का आकलन करने के बाद महामारी का प्रसार रोकने के लिये स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ़्यू जैसी पाबंदियां लगाने की अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को कन्टेंमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने से पहले केन्द्र से परामर्श लेना होगा गृह मंत्रालय ने अपने विशेष निर्देश में कहा है कि जिन शहरों में संक्रमण की प्रष्टि होने की साप्ताहिक दर दस प्रतिशत से अधिक है वहां संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कर्मचारियों के कार्यालय में अंतराल से पहुंचने की व्यवस्था लागू करने के बारे में विचार कर सकते हैं वहीं आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के सात सौ तिरेसठ नये मामले सामने आने के साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख बत्तीस हजार चार सौ साठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक दो सौ बानवे नये मामलों की पटना जिले में प्रष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में चौंतीस भागलपुर में इकतीस और पूर्णिया जिले में अठाईस मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी पांच हजार चार सौ पच्चीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर संतानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गयी है अभी तक इस महामारी से राज्य में एक हजार दो सौ सैंतीस लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं है लेकिन सरकार इससे बचाव के लिए कई कदम उठा रही है मुख्य सचिव ने कहा कि पांच सौ तैंतीस स्वास्थ्य टीमों को पूरे प्रदेश में सक्रिय किया गया है कोरोना टेस्ट के लिए बस ऑटो स्टैंड और बाजारों के साथ रेलवे स्टेशनों पर स्थान निर्धारित किये गये हैं उन्होंने कहा कि सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों और उनके सम्पर्क में आये लोगों की पहचान की जाए वहीं पटना जिले की सिविल सर्जन ने कहा है कि जिस घर में कोरोना मरीज मिलेगा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये प्रदेश में पन्द्रह दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अमी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के आमक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकलर राज्य के राज्य पार्ट के लिए इम्पुनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्पुनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड लगातार बढ़ रही है कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखी गयी है मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है गया सात दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम वैज्ञानिक रौशन कुमार ने बताया कि पटना का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर का बारह दशमलव चार और पूर्णिया का बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

पंज प्यारों के नेतृत्व में आज प्रभात फेरी निकाली गई है तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन ने बताया कि प्रभात फेरी का समापन अट्ठाईस नवम्बर को होगा जबकि तीस नवम्बर को प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह मनाया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरूनानक देव जी के जीवन और आदर्शो पर लिखित पुस्तक का आज विमोचन किया एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह पुस्तक चंडीगढ निवासी कृपाल सिंह द्वारा लिखी गई है प्रदेश में आज देवोत्थान एकादशी पारम्परिक श्रद्धा के साथ मनाया गया इस अवसर पर लोगों ने गंगा समेत विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया साथ ही तुलसी के पौधे तथा गन्ने और शकरकंद जैसे कृषि उत्पादों की पूजा अर्चना की जा रही है यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है देवोत्थान एकादशी के साथ ही हिन्दू धर्म में शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव का आज पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पूर्व मंत्री के निधन से राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है श्री कुमार ने कहा है कि गणेश प्रसाद यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा पूर्व मंत्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु ने भी पूर्व मंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के तत्वावधान में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया वेबिनार को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कहा कि देश का संविधान लचीला होने के साथ साथ इसमें राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों को भी शामिल किया गया है शिया रोयत ए हलाल कमिटी बिहार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिया धर्म गुरू डॉक्टर कल्बे सादिख के निधन पर गहरी संवेदना जतायी है गौरतलब है कि कल उत्तर प्रदेश के हरदोई में उनका निधन हो गया था और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए

दो विधायकों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया प्रदेश में कोविड उन्नीस के सात सौ तिरेसठ नये मामलों की पुष्टि